शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने दी बधाई प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमैडिसन सुविधा लोगों के लिए बनी मददगार कोरोना अपडेट मुख्यमंत्री कार्यालय शिमला में तैनात एक उप सचिव अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडीधीमान ने कहा है कि कार्यालय में इनके संपर्क में आए सभी अधिकारियों व अन्य लोगों की जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं इस दौरान संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते व खुद को संगरोध कर रहे हैं

स्थापना दिवस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विद्यार्थियों ने ज्ञान विज्ञान कला और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं वे आज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन में समाज का अहम योगदान रहता है बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक इस्तेमाल की जरूरत बताई उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कौशल रजिस्टर पोर्टल शुरू पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बाहरी राज्यों से लौटने वाले युवाओं से इसमें अपना नाम दर्ज करवाने का आहवान किया राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के ग्रेड बढ़ाने के साथ ही गुणात्मक शिक्षा पर भी बल दिया

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय पूरे उतर भारत क्षेत्र के प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जय किसान जय विज्ञान की बुनियाद पर केन्द्र सरकार आत्मनिर्भर भारत का ढांचा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से आत्मनिर्भर भारत विजन को बल मिला है अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रगतिशील नीतियों और वैज्ञानिकों की मेहनत से देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षो में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केन्द्र ने कृषि उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कांगड़ा जिले में ज्वालाजी देहरा और पालमपुर उपमण्डल में गौ अभ्यारण्य की साईट का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही

अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी गौरतलब है कि राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद पिछले करीब दो महीने से खाली था इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि वे प्रदेश भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत व सशक्त बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों और अन्य भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ता ने सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सुरेश कश्यप के नेतृत्व में संगठन और अधिक उंचाईयों को छुएगा

उन्होंने उम्मीद जताई कि सुरेश कश्यप के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में नई उंचाईयों को छुएगी

उद्योगमंत्री विक्रम ठाक्र ने आज शिमला में एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत चयनित आईटीआई की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है विक्रम ठाकुर ने आईटीआई में अधिक से अधिक छात्राओं के पंजीकरण पर भी बल दिया ताकि उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट के दौरान लोगों की हर सम्भव मदद कर रही है राठौर ने कहा कि सरकार विपक्ष और आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आम लोगों के साथ खड़ी है टेलीमैडिसन प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केलंग काजा पांगी और भरमौर में अपोलो टेलीमैडिसन केन्द्र खोले हैं कोरोना महामारी के संकट काल में केलंग स्थित टेलीमैडिसन केन्द्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है

शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की एनसीसी अधिकारी तृप्ता शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष एनसीसी कैडेटस ने अपने घरों के आसपास ही पौधे रोपित किए